लॉक डाउन के तहत सभी तरह के आवागमन पर रोक

पेट्रोल और रसोई गैस सेवाएं भी नहीं होंगी प्रभावित मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने लोगों से लॉक डाउन में सहयोग की अपील की

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुये प्रदेश के जिला मुख्यालयों अनुमंडल मुख्यालयों समेत सभी शहरी क्षेत्रों में इकतीस मार्च तक लॉक डाउन की व्यवस्था लागू हो गयी है लॉक डाउन के तहत सभी तरह के आवागमन पर रोक रहेगी इसके साथ ही निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद रखा जायेगा सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे इस दौरान दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं डेयरी किराना दुकानें फल सब्जियों की दुकानें दवा दुकानें पेट्रोल पंप एलपीजी गैस एजेंसी पोस्ट ऑफिस क्रियर सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों को लॉक डाउन से बाहर रखा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से लॉक डाउन में सहयोग की अपील की है बाईट बिहार के तमाम लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दे जब भी संकट का समय आया है हम सब ने सभी लोगों के सहयोग से इस पर सफलता पायी है संकट की इस घड़ी में सरकार सभी लोगों के साथ है

हम सब लोगों से यही अपील करूंगा आज सब लोग एक जो रहने का है घर के अंदर इसपर ध्यान दे इधर उघर आने जाने की जरूरत नहीं है भारतीय रेलवे ने कल आधी रात से इकतीस मार्च की आधी रात तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों का संचालन निलंबित कर दिया है देश में कोविड नाईनटीन के फैलाव को रोकने के लिए यह फैसला किया गया हालांकि देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों की सेवा जारी रहेगी इधर प्रदेश में बस सेवाओं पर इकतीस मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या बढ़ा कर एक सौ सत्तर की जायेगी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने यह जानकारी दी इधर कल पटना में मुम्बई और पुणे से लौटे लगभग चार हजार रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग की गयी जिसमें चौबीस संदिग्ध मिले हैं इन सभी को दानापुर अनुमंडल अस्पताल और एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है बेगूसराय और मोतिहारी स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की जांच की गयी मुम्बई से गया आने वाले रेल यात्रियों की आज जांच होगी उन्हें प्रशासनिक निगरानी में रखा गया है संक्रमण से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के तहत आज से पटना एम्स और आईजीआईएमएस में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी इन दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से भूगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हुये कहा है कि यह वर्तमान परिस्थितियों में संक्रमण से बचने का सुरक्षित उपाय है इधर भारतीय बैंक संघ ने लोगों से करेंसी नोट छूने या गिनने के बाद तुरंत हाथ धोने और बैंक शाखाओं में कम से कम आने की अपील की है उपभोक्ताओं से लेन देन के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैकिंग का उपयोग करने का आग्रह किया गया है इधर भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्जदारों की नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए ऋण देने की आपात व्यवस्था शुरू की है इसके तहत एसबीआई तीस जून तक दो सौ करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करायेगी यह ऋण बारह महीनों के लिए सवा सात प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा प्रदेश में कोविड नाईनटीन के प्रष्ट मामलों की संख्या बढ़ कर तीन हो गयी है इसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है जबकि स्कॉटलैंड से लौटे एक युवक का एनएमसीएच और नेपाल से लौटी एक महिला का पटना एम्स में इलाज चल रहा है पटना के एनएमसीएच में एक संदिग्ध युवक की कल हुई मौत के बारे में अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उसे कोरोना का संक्रमण नहीं था स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक एक सौ तैंतालीस लोगों के नमूने जांच के लिए गये हैं जिसमें छियानवे की रिपोर्ट निगेटिव आयी है शेष की रिपोर्ट आनी बाकी है वहीं पांच सौ चार लोगों को निगरानी में रखा गया है इनमें से एक सौ उन्नीस को निगरानी की चौदह दिन की अवधि पूरी होने के बाद छुट्टी दे दी गयी है इधर राज्य सरकार ने विदेशों से बिहार आये लोगों का एक बार फिर जांच कराने का फैसला किया है स्टेट सर्विलांस यूनिट ने एक मार्च से बीस मार्च के बीच कोरोना प्रभावित देशों से आये सोलह हजार चार सौ सतहत्तर लोगों की सूची जारी की है इधर देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तीन सौ साठ तक पहुंच चुकी है देशभर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या सात हो गयी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है श्री भार्गव ने कहा कि यह वायरस हवा में मौजूद नहीं है बल्कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से दूसरों में फैलता है

यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है पांच दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है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

बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

बिहार के जाने माने उद्योगपति और वेदांता ग्रूप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को एक सौ करोड़ रूपये की मदद का एलान किया है राज्य सरकार ने कृषि इनप्रट अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तारीख इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है वहीं कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर प्रदेशभर में पॉश मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस पर वायरस भगाने के गलत तरीके से जुड़ा एक वीडियो शेयर करने का आरोप है राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चार पांच दिनों से कौवों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है पटना के छज्जुबाग उच्च न्यायालय परिसर दिनकर गोलम्बर सरिस्ताबाद बेउर मोड़ और बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर चालीस से अधिक कौए मृत पाये गये औरंगाबाद और रोहतास जिले में भी कौवों के मरने की खबर है पटना और आस पास हिस्सों में आज सुबह तेज बारिश हुई है हालांकि अभी मौसम पूरी तरफ साफ हो गया है और धूप खिली हुई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार को लॉक डाउन किये जाने जनता कर्फ्यू और कोरोना संदिग्ध एक मरीज की पटना में मौत की खबरें सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है देशभर में लोगों ने जनता कर्फ्यू का किया अभूतपूर्व समर्थन दैनिक जागरण लिखता है अद्भूत अभूतपूर्व दैनिक भास्कर प्रभात खबर राष्ट्रीय सहारा और आज ने इकतीस मार्च तक देशभर में यात्री ट्रेन सेवाओं को बंद किये जाने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

लॉक डाउन के तहत सभी तरह के आवागमन पर रोक

पेट्रोल और रसोई गैस सेवाएं भी नहीं होंगी प्रभावित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से लॉक डाउन में सहयोग की अपील की